मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कारोना के प्रति जागरूकता को लेकर वीडियो कांन्फेन्सिंग के जरिए मॅत्री और अधिकारियों से करेंगे चर्चा

इसके तहत टैक्सी और व्यक्तिगत वाहन चल सकेंगे लेकिन सिटी बसे अभी नहीं चलेगी प्रदेश में आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी और इसके लिए अनुमति लेना भी जरूरी नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्वालुओं की कम तादाद वाले धार्मिक स्थल आज से खुल गये है

मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार सभागार असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगह बंद रहेगी सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक सहित अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी वहीं अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू जारी रहेगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कफ्र्यू में ढील दी गई है

इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी

इससे पहले कल जयपूर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला अस्पतालों के साथ ही उप जिला अस्पतालों में भी ऑक्सिजन बेड बढाये जाये ताकि आपात स्थिति में कोरोना मरीजो को ऑक्सिजन उपलब्ध हो सके श्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कोरोना संक्रमण को पहले की तरह ही गंभीरता से लिया जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं रखी जाए जिन जिलों में पॉजिटिव केस ज्यादा हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पॉजिटिव केस मिले वहां आसपास के लोगों की कोरोना जांच कराई जाए

उन्होंने बताया कि संस्थागत क्वारंटाइन की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए जयपुर के आसपास के जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए गए है

खेल मंत्री अशोक चांदना ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की सुविधा शुरू कर दी है इसी के तहत कल आवेदन फार्म भी लॉच किया गया

युवा मामले और खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि खिलाडियों के आवेदन के संबंध में खेल परिषद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है जहां खिलाडी अपनी समस्यायें और आवेदन फार्म सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते है

ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी

मानवता के लिए डॉक्टरों और फिजिशियन की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है भारत में जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर यह दिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है

उपराष्टपति एम वैंकेया नायड् ने मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए देशभर के डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी है इधर आज इस मौके पर प्रदेश में चिकित्सकों के सम्मान में राजस्थान विधानसभा पर रोशनी की जाएगी